झारखंड में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संकमण के चार सौ तीन नये मरीजों की हुई पुष्टि

आईपीएल में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को छह विकेट से हरा दिया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

राज्य की दो विधानसभा सीट बेरमो और दुमका में हो रहे उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं सभी बूथों पर सुबह सात बजे से शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में मतदान शुरू हो गया है वोट शाम चार बजे तक ही डाले जा सकेंगे मतदाता शांति से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं

मतदान सवेरे सात बजे शुरू हुआ है और शाम छह बजे तक चलेगा मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं

इनमें एक सौ छियालिस महिलाएं पांच सौ तेरह निर्दलीय और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर पारू मीनापुर और अलौली सहित आठ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे इन इलाकों में सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल दो सौ तैंतालिस सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं

दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और तीसरे चरण का मतदान सात नवम्बर को होगा वोटों की गिनती दस नवम्बर को होगी झारखंड में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संकमण के चार सौ तीन नये मरीजों की पुष्टि हुई

स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानबे दशमलव एक चार प्रतिशत हो गयी है

केन्द्र सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की अवधि बढ़ा दी है इसकी अवधि एक महीने यानी तीस नवम्बर या योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति तक में से जो भी कम हो तक कर दी गई है अर्थव्यवस्था के विभन्नि क्षेत्रों को खोले जाने और त्योहारों के दौरान मांग में वृद्वि की आशा को देखते हुए ऐसा किया गया है आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों व्यापार उद्यमों कारोबार के लिए वैयक्तिक ऋण और मुद्रा कर्जदारों को आसानी से गारंटीशुदा ऋण उपलब्ध कराना है

ऋण की अवधि चार वर्ष है इसमें मूल भूगतान पर एक वर्ष ऋण स्थगन की अवधि शामिल है

खूंटी जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के कुख्यात नक्सली सबजोनल कमांडर जिदन गुड़िया और उनके दो सहयोगियों को पुलिस ने केसेल जंगल से गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार नक्सली सदस्यों में नमन हमसोय मनसुख हमसोय और कोमल हमसोय शामिल है पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ये नक्सली एक व्यापारी से लेवी वसूलने केसेल जंगल की सड़क पर पहंचे हैं बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी पीएलएफआई के तीन नक्सलियों को गिरफ्तार गया किया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा प्रदेश भाजपा ने द्मका नगर थाना में सोमवार को पूर्व सांसद फूरकान अंसारी झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के प्रवक्ता विनोद पांडेय और कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया है केस भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रमंडलीय प्रभारी विमल मरांडी ने दर्ज कराया है कहा गया है कि कांग्रेस और झामुमो नेताओं के भाषण के कारण दुमका में राजनीतिक हिंसा की घटना बढ़ी है पुलिस इन मामले में दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे

इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है इसके तहत अब आवास बोर्ड में भू संपदा से जुड़े सारे कार्य ऑनलाइन एवं डिजिटल प्लेटफार्म पर भी किया जा सकेगा पारदर्शिता बनाने के लिए बोर्ड के सारे कामकाज को कंप्यूटरीकृत किया जायेगा इसके अलावा नये संशोधन में अब बोर्ड द्वारा किसी पुरानी आवासीय योजना अथवा इसके अंतर्गत आवासीय भू संपदा के जर्जर हो जाने की परिस्थिति में आवश्यकतानुसार उसके स्थान पर नई आवासीय योजना अथवा नई आवासीय भू संपदा का निर्माण कराया जा सकेगा इसके अलावा अब बोर्ड द्वारा निर्माण अवधि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किराया की राशि का भी भुगतान किया जायेगा नये संशोधन में योजना का निर्माण प्रारंभ करने के लिए बोर्ड ले आउट प्लान के आधार पर फैसला ले सकेगा आईपीएल क्रिकेट में कल रात अब् धाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को छह विकेट से हरा दिया इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और ब्रहस्पतिवार को होने वाले क्वालिफायर एक में उसका मुकाबला मुंबई इंडियेंस से होना तय है आज शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद और मुम्बई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा जिसके परिणाम के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का तीसरा या चौथा स्थान तय होगा और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने बेरमो और दुमका उपचुनाव के साथ साथ बिहार में चौरानबे सीटों पर आज हो रहे मतदान की खबर को पहली सुर्खी बनाया है कोरोना संक्रमण के मामले में रांची जमशेदपुर बोकारो धनबाद और देवघर के रेड जोन में होने की खबर को प्रभात खबर ने पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य सरकार द्वारा चार हजार लोगों को नौकरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने छठ पर्व को लेकर रांची से चार दिन रांची जयनगर ट्रेन के परिचालन की खबर को पहले पेज पर जगह दी है अखबार ने लालू प्रसाद की ओर से जमानत पर विशेष सुनवाई का हाईकोर्ट से आग्रह करने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हो रहे मतदान की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है अखबार ने लिखा है आज मतपेटी में कैद होगा ट्रंप बिडेन का भविष्य